एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने अप्रैल महीने से रायपुर सहित देश के चार एयरपोर्ट को चौबीस घंटे चालू रखने का निर्णय लिया आयकर दाखिल करने और उससे संबंधित काम पूरा करने को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में आयकर कार्यालय उनतीस तीस और इकतीस मार्च को भी रहेंगे खुले

माओवादी हत्या बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक भाजपा नेता की हत्या कर दी हैं हमारे संवाददाता के अनुसार बीती देर रात माओवादियों ने जिला पंचायत सदस्य और भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष जगदीश कोण्ड्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गंभीर रूप से घायल जगंदीश कोण्ड्रा को इलाज के लिए तत्काल महाराष्ट्र के सिंरोचा अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गईं बताया जाता है कि यह वारदात थाने से लगभग तीन सौ मीटर की दूरी पर हई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

पुलिस ने इस मामले में संदेह के आधार पर छह लोगों को गिरफ्तार किया है इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस हत्याकांड की कठोर शब्दों में निंदा की है उन्होंने श्री कोण्ड्रा के निधन पर दूख व्यक्त किया है डॉक्टर सिंह शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए पुलिस को हत्यारों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं लोक सुराज अभियान लोक सुराज अभियान के तहत आज मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने महासमुंद गरियाबंद बस्तर और कांकेर जिला का दौरा किया इस दौरान वे समाधान शिविरों में शामिल हुए महासमुद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कहीं भी पेयजल का गंभीर संकट नहीं है मुख्यमंत्री ने महासमुद और गरियाबंद जिलों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की

उन्होंने सिंगनपुर तोतर छापर भानपुरी और करेली में विभिन्न विकास कार्यों के लिए संतानवे लाख रूपए की स्वीकृति दी इसके बाद डॉक्टर सिंह कांकेर जिले के माटोली गांव पहुंचे समाधान शिविर में मुख्यमंत्री ने पंखाजूर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में तीन करोड़ रूपए की लागत से सौ डबरी निर्माण कार्यों की मंजूरी दी

कांग्रेस ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है अपनी नियुक्ति के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए श्री साह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने जो विश्वास व्यक्त किया है और उन्हें जो जिम्मेदारी सोंपी गई है वे उसपर खरा उतरने की कोशिश करेंगे उन्होंने कहा कि वे पार्टी की ओबीसी सेल को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेंगे एयरपोर्ट संचालन एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया ने अप्रैल महीने से रायपुर सहित देश के चार एयरपोर्ट को चौबीस घंटे चालू रखने का निर्णय लिया है एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया के चेयरमैन गुरुप्रसाद मोहपात्रा ने कहा कि रायपुर पटना रांची और गुवाहाटी एयरपोर्ट में वो सारी सुविधाएं हैं कि जिनसे इनका संचालन चौबीस घंटे किया जा सकें गौरतलब है कि देश में एक सौ पच्चीस एयरपोर्ट हैं जिनमें से सिर्फ तीस एयरपोर्ट ही चौबीस घंटे के लिए संचालित किए जाते हैं आयकर आयकर दाखिल करने और उससे संबंधित काम पूरा करने को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में आयकर कार्यालय उनतीस तीस और इकतीस मार्च को भी खुले रहेंगे उनतीस मार्च को महावीर जयती और तीस मार्च को गुड फ्राईडे तथा इकतीस मार्च को शनिवार का अवकाश है लेकिन आयकर कार्यालयों में काम होगा

इस अभियान का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा महिला और बाल विकास के साथ स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है इस मौके पर श्री चन्द्राकर ने किशोरी बालिकाओं और समाज में जागरूकता के लिए ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत बताई वहीं महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साह् ने कहा कि बेटियों को बिना संकोच के किसी भी शारीरिक बदलाव और क्रिया के संबंध में अपने शिक्षिकाओं और परिजनों से सलाह लेना चाहिए

पुलिस के अनुसार यह घटना छाल थाना क्षेत्र के हाटी रोड में हई बताया जाता है कि एक मोटर सायकल पर पांच लोग सवार होकर जा रहे थे तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी

हमारे संवाददाता के अनुसार मालखरौदा क्षेत्र के तौलीपाली गांव स्थित स्कूल में आज दोपहर बच्चों को खाना दिया गया खाने के बाद अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई बारह बच्चों को सक्ती के अस्पताल में और पांच बच्चों के खरसिया के अस्पताल में भर्ती कराया गया है सक्ती के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरएन हीराधर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं पटवारी मौत सीआईडी जाँच सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता ने अंबिकापुर के बैजनाथपुर में पटवारी खुदकुशी मामलें की सीआईडी जाँच की अनुशंसा कर दी है

मृतक ने एक पत्र में अपनी मौत के लिए झिलमिली थाना प्रभारी और एक अन्य पटवारी समेत तीन लोगों को जिम्मेदार बताया था

महापौर प्रमोद द्बे ने चौबीस सौ अंठानवे करोड़ रूपए का बजट पेश किया इसमें शहर की सफाई के लिए छियासठ करोड़ रूपए से अधिक की राशि का प्रावधान है सॉलिड वेस्टमैंनेजमेंट और सफाई मित्र योजना सहित अन्य कार्यों के लिए भी राशि का प्रावधान है बजट में रायपुर शहर के सोलह स्थानों पर वाटर एटीएम लगाने के लिए राशि आवंटित की गई है विश्व रंगमंच दिवस आज विश्व रंगमंच दिवस है इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित देश विदेश में अनेक आयोजन हो रहे हैं हाल ही मे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजे गए छत्तीसगढ़ के रहने वाले ख्याति नाम रंगकर्मी और नाट्य निर्देशक राजकमल नायक का मानना है कि थियेटर एक जीवंत कला है और इंटरनेट सोशल मीडिया के इस युग में भी रंगमंच की लोकप्रियता बरकरार है और आगे भी रहेगी राजकमल नायक के साथ हई इस पूरी बातचीत का प्रसारण दो भागों में आगामी एक और आठ अप्रैल को रात साढ़े आठ बजे हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के अंतर्गत किया जाएगा श्रोताओं विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर रायप्र के वृदावन हॉल में भी अब से थोड़ी देर बाद अख्तर अली द्वारा लिखित नाटक जीतने लब उतने अफसाने और सुभाष मिश्र लिखित रगमंच की यात्रा का मंचन होगा मालगाड़ी दुर्घटना बिलासपुर के उसलापुर में आज एक मालगाडी के पटरी से उतर जाने की वजह से इस मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हई है अमरकंटक एक्सप्रेस को उसलापुर रेलवे स्टेशन में रोक दिया गया भोपाल फास्ट पैंसेजर भी आउटर में खड़ी रही रेलवे की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य शुरू कर दिया है वहीं पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर रेलवे मंडल के बगरताव रेलवे स्टेशेन में परसों उनतीस मार्च को पांच घंटे मेगाब्लॉक रहेगा इसकी वजह से दुर्ग भोपाल और जबलपुर अंबिकापुर ट्रेनें विलंब से रवाना होंगी